कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल ने चीन सीमा में किया प्रवेश

दूरदर्शन सबसे बड़ा डीटीएच ऑपरेटर है जिसके माध्यम से देशभर में लाखो लोगो तक कार्यक्रम पहुंच रहे हैं आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निशुल्क द्रदर्शन डिश सेटटॉप बॉक्स बांटने के लिए आयोजित समारोह में श्री जावडेकर ने कहा कि देशभर में लगभग हर भाषा के सात सौ से ज्यादा टीवी चैनल काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस समय नौ करोड़ टेलीविजन डीटीएच से जुड़े हैं प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सरकार पूरे देश में निशुल्क डीटीएच सेटटॉप बॉक्स बांट रही है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने डोगरी समाचार बुलेटिन शुरू करने मुफ्त डिश बांटने और डीडी कशीर की सिग्नेचर ट्यून के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री का आभार व्यक्त किया प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे दूरदर्शन की महानिदेशक डॉ सुप्रिया साहू ने स्वागत भाषण पढ़ा मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दूरदर्शन समाचार को विश्वस्त समाचार माध्यम बताया और कहा कि डीडी कशीर की सामग्री और प्रस्तुति बहुत शानदार है मुख्य सचिव शुभारंभ मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जल संचय जल संरक्षण और जल संवर्द्धन कार्य का शुभारंभ उत्तरकाषी के रैथल गांव के तोक गोई से किया उन्होंने गोई तोक में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल पूजा करते हुए सदाबहार वृक्ष देवदार का पौधा लगाया उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में जल संचय संरक्षण और संवर्द्धन के लिए जन चेतना का कार्य किया जा रहा है इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी

इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रभागीय वनाधिकारी को द्यारा पैदल मार्ग को ठीक कराने के साथ ही पर्यटकों की जानकारी के लिए लकड़ी के साइनेज और कूड़ेदान लगाने के निर्देश दिए जल संरक्षण संवर्दधन कार्यक्रम जल संरक्षण एवं संबर्द्धन कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के सभी ग्राम प्रधानों सरपंचों को लिखे पत्र को चम्पावत जिले के सभी ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों को भी पढ़कर सुनाया गया पत्र में प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को बारिश को ईश्वर की भेंट बताते हुए ऐसे इंतजाम करने को कहा है जिससे बारिश के पानी का अधिक से अधिक संचयन किया जा सके उन्होंने ग्राम प्रधानों को पत्र के माध्यम से खेतों की मेड़बन्दी नदियों और धाराओं में चेकडैम का निर्माण करने और तटबंधी तालाबों की खुदाई सफाई करने वुक्षारोपण जलाशय का निर्माण करने का आह्वान किया है ताकि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांवों में संचयित किया जा सके इस अवसर पर जिलाधिकारी रणवीर सिंह चौहान ने खर्ककार्की न्याय पंचायत से इस अभियान की शुरूआत की उधर टिहरी जिले में भी सभी ग्राम पंचायतों में वर्षा ऋतु के जल संचय को लेकर खुली बैठकों का आयोजन किया गया

विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां की जा रही हैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं विधानसभा के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है वहीं कल विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानमंडल दल के नेताओं और कार्य मंत्रणा की बैठक होगी इस बैठक में सत्र में होने वाली कार्यवाहियों को लेकर चर्चा की जाएगी टिहरी सौंदर्यीकरण टिहरी की जिलाधिकारी सोनिका ने सभी नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा की बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत घरों के गीले कचरे से खाद बनाये जाने की बात कही उन्होंने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि गीले कचरे से खाद बनाये जाने के लिए एक सप्ताह के भीतर परिवारों को चिन्हित कर उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाए

साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि नगर निकायों के ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक बोतल टायर का इस्तेमाल नगरों के सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए किये जाएं

इसके साथ ही बरसात के मौसम को देखते हुए सभी नगर निकायों में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करने को कहा अल्मोड़ा कोसी नदी क्माऊं मंडल के आयुक्त राजीव रौतेला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोसी पुर्नजीवन अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की उन्होंने निर्देश दिये कि कोसी नदी के पुर्नजीवन के लिए किये जाने वाले कार्यों की माईक्रो प्लानिंग की जाए कुमाऊ आयक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जुलाई में हरेला पर्व के दिन कोसी के किनारे पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं श्री रौतेला ने कहा कि कोसी पुर्नजीवन अभियान को एक जन अभियान के रूप में लिया जाए इसके लिये कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों और स्वयं सेवी संस्थाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश हई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई देहरादून अल्मोड़ा हल्द्वानी चंपावत समेत अन्य जगहों में बारिश हुई चम्पावत जिले के पाटी खेतीखान लोहाघाट आदि में हल्की से मध्यम बारिश हई यह बारिश खेती बाड़ी के लिए लाभदायक बताई जा रही है जिले में इन दिनों खरीफ फसलों के साथ ही बैमोसमी सब्जी का उत्पादन होता है जिसमें आलू टमाटर मिर्च बैंगन बंदगोभी और फूलगोभी प्रमुख है बीते कुछ समय से बारिश न होने से इन फसलों पर असर पड़ने लगा था

दूसरा दल चीन के सीमा के करीब है और तीसरा दल धारचूला से पैदल यात्रा के लिए रवाना हो गया है यात्रा को संचालित करने वाले कुमायु मंडल विकास निगम के पर्यटन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया की चीन की तरफ से इस बार यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किये जाने की जानकारी मिली है जो पिछले कुछ सालों में बहत कम देखा गया था उन्होंने कहा कि इस बार मौसम ने अच्छा साथ दिया तो यात्रा बढ़िया होने की उम्मीद है उन्होंने बताया कि पहले दुर्गम रास्तों के पड़ाव में यात्रियों को अपने परिजनों से बात कराने और दल से सम्पर्क रखने के लिए बीएसएनएल के उपग्रह वाले फोन रखे जाते थे लेकिन इस बार वे खराब हैं

इस पुल के निर्माण से टिहरी बांध की झील के कारण अलग थलग पड़े प्रतापनगर के लोगों के लिए जिला मुख्यालय नई टिहरी की दूरी कम होगी

लोक निर्माण विभाग अपर सचिव प्रदीप रावत ने डोबरा पहंचकर निर्माणाधीन पुल की प्रगति का जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों से पुल के निर्माण संबंधी जानकारी लेते हुए पुल के निर्माण की प्रगति की रिपोर्ट हर हफ्ते सरकार को देने के निर्देश दिये

सड़क निरीक्षण रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में स्यूणी टैंथी पाटा मोटरमार्ग की खराब गुणवत्ता की शिकायत सही पाये जाने पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने एक सहायक अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अवर अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की संस्तुति की है सड़कों की खराब गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने काण्डी कमोल्डी और स्यूणी टैंथी पाटा मोटरमार्ग का निरीक्षण किया